कहा उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए है प्रतिबद्ध

पचास हजार रूपये का लगाया जुर्माना तीन दिवसीय कृषि कुंभ का कल से मोतिहारी में होगा आयोजन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले पचपन वर्षो के शासनकाल में पार्टी ने किसानों मजदूरों और समाज के हाशिये के लोगों के लिए कुछ नहीं किया आज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक रैली को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई से डरकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल एक ऐसा महागठबंधन बना रहे है जिसके पास भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है बाईट पीएम चौकीदार की ये सख्त कार्रवाई देखकर अब ये जरा बौखला गए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे लोगों की मिलावट करने की कोशिश हो रही है जो कभी उन्हीं को कोसते हुए कांग्रेस से बाहर निकल गए इन लोगों में आपस में होड़ लगी है कि कौन मोदी को ज्यादा से ज्यादा गाली देकर अपने नंबर बढ़ा ले ये जो महामिलावट है देश के भविष्य के लिए इनके पास कोई योजना नहीं इसलिए इन मिलावटी लोगों ने मोदी को ही मुद्दा बना रखा है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना शुरू की है उन्होंने कहा कि ये योजनाएं चुनावी मुद्दा नहीं है बल्कि भाजपा की किसानों और मजदूरों के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है रिजर्व बैंक द्वारा किसानों को बिना गारंटी एक लाख साठ हजार रूपये तक ऋण देने के फैसले को श्री मोदी ने एक बड़ा कदम बताया बाईट पीएम अब जो ताजा फैसला हुआ है उसके बाद देश के छोटे किसान एक लाख साठ हजार रूपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के ले पाएंगे हमारी सरकार के प्रयास से सभी बैंकों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो भी चार्जेज बैंक लेते थे वो अब नहीं लिए जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि ऋण माफी का रास्ता अपनाया जबकि भाजपा नये संकल्पों के साथ गरीबों की अकांक्षाओं को पूरा कर रही है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढावा देने का आरोप लगाया है पटना में भाजपा यूवा मोर्चा के सम्मेलन के उदघाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बात का जवाब देना हेगा कि राबर्ट वाड्रा के पास इतनी संपत्ति कहां से आयी वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में बडे पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए सम्मेलन को केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी संबोधित किया राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि को उनके पद से हटा दिया गया है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटा दिया है श्री नागमणि को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है इस बीच हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए में शामिलन होने की खबरों का खंडन किया है प्रलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि आपराधिक गिरोहों और गलत धंधा करने वाले के साथ साठ गांठ करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी श्री पांडेय आज आरा में एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि पूलिसिंग में चौकीदारों का स्थान महत्वपूर्ण है और ये सूचना तंत्र को मजबूत बनाते हैं

सुनील कुमार पटना प्रक्षेत्र के नये पुलिस महानिरीक्षक बनाये गये हैं वहीं पटना के निवर्तमान आई जी नैय्यर हसनैन खां अब मुजफ्फरपुर जोन के आई जी होंगे नीलेश कुमार को नालंदा जिले का नया पुलिस अधीक्षक जबकि संजय कुमार सिंह को पटना ग्रामीण और अभिनव कुमार को पटना पश्चिम का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक राज पुलिस प्रशिक्षण के महानिदेशक होंगे वे राजगीर स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का भी प्रभार देखेंगे सूप्रीम कोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पटना के पांच देशरत्न मार्ग स्थित आवास को खाली करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चूनौती दी थी न्यायालय ने श्री यादव पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि तेजस्वी यादव इस तरह की याचिका दायर कर न्यायालय के समय को बर्बाद कर रहे हैं पीठ ने कहा कि अब जब आप उप मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे तब उप मुख्यमंत्री के लिए आवंटित आवास में कैसे रह रहे हैं इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने के लिए सात दिनों का समय दिया है भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि बंगला खाली कराने के समय भवन को नुकसान होने की स्थिति में तेजस्वी यादव से ज़र्माना भी वसूला जायेगा विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने ग्यारह फरवरी से शुरू हो रहे विधान सभा के बजट सत्र में सदस्यों से जनहित के मुद्दे अधिक से अधिक उठाने की अपील की है श्री चौधरी आज सदन की प्रेस सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने मीडिया के प्रतिनिधियों से सत्र के दौरान रचनात्मक भूमिका निभानेवाली खबरों को प्रमुखता से कवरेज देने को कहा सभाध्यक्ष ने सदन की मर्यादा के प्रतिकूल आचरण करने वाले सदस्यों से संबंधित खबरों और अवांछनीय गतिविधियों से मीडिया को परहेज करने का अनुरोध किया विधान सभा अध्यक्ष ने सोमवार से शुरू हो रहे सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक बुलायी और सदन के सुचारू संचालन में सहयोग मांगा

मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले समारोह का राज्यपाल लालजी टंडन और केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे कृषि कुंभ में किसानों को नयी प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक ढंग से खेती का जानकारी प्रदान की जायेगी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना के प्रधान वैज्ञानिक उज्ज्वल कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि यह आयोजन किसानों के लिए कृषि के क्षेत्र में विविध आयाम उपलब्ध करायेगा

प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक प्रदेश में अड़तालीस लाख किसान निबंधित हो चुके हैं जिन किसानों का निबंधन नहीं हुआ है उन्हें पहले निबंधन कराना होगा उसके बाद ही वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं

पश्चिम चंपारण शिवहर सीतामढी वैशाली समस्तीपुर दरभंगा मध्बनी और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है वहीं कई स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी आशंका है इधर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है बेतिया में ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है

बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आ जाने से ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी हुई है

कहा उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए है प्रतिबद्ध

पचास हजार रूपये का लगाया जुर्माना तीन दिवसीय कृषि कुंभ का कल से मोतिहारी में होगा आयोजन